भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने याचिका दायर की है जिस पर कल सुनवाई होगी

राज्यपाल लालजी टंडन ने संक्षिप्त में अभिभाषण दिया उन्होंने अपना संबोधन एक मिनट में ही पूरा कर लिया राज्यपाल ने सदस्यों को संसदीय परम्पराएं और दायित्व शांतिपूर्वक निभाने की सलाह भी दी विधानसभा स्थगित होने के बाद भाजपा के विधायक विधानसभा से राजभवन पहुंचे जहां उन्होंने राज्यपाल से जल्द से जल्द बहमत परीक्षण की मांग की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ फ्लोर टेस्ट से बच रहे हैं

उन्होंने दावा किया कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी

कई द्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हरसंभव उपाय किये जायेंगे दौरा रदद देश में कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जबलपुर दौरा फिलहाल रद्द हो गया है

जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और राज्य न्यायिक अकादमी के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिये यहां आ रहे थे इस कार्यकम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे सहित कई जाने माने लोग शामिल हो रहे थे

नोवल कोरोना वायरस बीमारी की जानकारी और मार्गदर्शन के लिये कॉल सेन्टर बनाया गया है

भोपाल सहित सभी जगहों पर स्कूल कॉलेज और आंगनवाड़ियों के बाद अब कोचिंग संस्थान लायब्रेरी जिम और स्वीमिंग पूल भी बंद कर दिये गये हैं

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के होटल रिसॉर्ट संचालकों को कोरोना वायरस के संकमण से बचाव और रोकथाम की जानकारी दी जा रही है उधर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा कोरोना वायरस के मददेनजर सभी श्रद्वालुओं का भस्म आरती में प्रवेश बंद किये जाने की खबर है